पांच लाख छह हजार मीट्रिक टन दालें भी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी गईं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे ऐतिहासिक संशोधन को आज मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाना है इस फैसले से किसानों को लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस संशोधन से अनाज तिलहन आलू प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा

इसके अनुसार सुक्ष्म और सेवा इकाईयां अब एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये को टर्नओवर तक की होंगी

मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात को सूक्ष्म लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा झारखंड में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है

जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि आठ कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले के करंडेग और बानो थाना क्षेत्र से मिले हैं ये सभी प्रवासी श्रमिक है और विभिन्न राज्यों र्स लौटने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर चौबीस हो गयी है इधर दुमका में मिले दो कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना इलाज के ठीक हो गये हैं

दोनों की रिपोर्ट आज आयी जिसमें उन्हें संक्रमित पाया गया आज रिपोर्ट आने के बाद ट्रनेट से दोनों की जांच की गयी जिसमें दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों की सहायता और सहयोग की अपील हजारीबाग जिले के चौपारण के करीब दो दर्जन युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है युवाओं की यह टोली पिछले उनहत्तर दिनों से लॉकडाउन में आने वाले प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आपदा मित्र के रूप में सही अर्थो में सामने आये हैं इनके द्वारा प्रतिदिन समाज के सहयोग से सामुदायिक किचन स्थापित कर हजारों लोगों को भोजन कराया जा रहा है

झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज विधानसभा की नवगठित समितियों के सभापति और सदस्यों की रांची में बैठक हई इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली में समिति व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और समितियों की नियुक्तियों की मूल कल्पना यह है कि विषिष्टता के साथ विषय वस्तु के गहराई से अध्ययन कर जनहित में उसका निपटारा किया जाए

जिला प्रशासन ने फूड पैकेट और पानी की बोतल से सभी प्रवासियों का बोकारो रेलर्व स्टेशन पर स्वागत किया इसके बाद सभी प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग करा कर सैनिटाइज किए हुए बसो से उन्हें उनके गृह जिला भेज दिया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के अभियान में अब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियों प्रंजीपतियों से मजदूरों को वापस लाने मे यथासंभव सहयोग को आहवाहन भी किया था मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से प्रेरणा लेते हए दिल्ली की एक कंपनी दिल्ली इन्टरलिंक फूड प्राईवेट लिमिटेड ने सेवाभाव दिखाते हुए अंडमान निकोबार ट्वीप समृह में फंसे मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिये हाथ बढ़ाया है

इसे मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने तैयार किया है

श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि यह कैलेंडर रूचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक घर पर रहते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो व्हाटसएप फेसबूक टिवटर गूगल जैसे सोशल मीडिया उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते ये कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइसकाल के जरिए उनका तथा उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करने के लिए आध्यापपकों को दिशा निर्देश देगा श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्यागिों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा इसमें ऑडियो बूक रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिए लिंक शामिल होंगे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 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने धनबाद के उपायुक्त को तीरंदाजी के राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सोन खातुन को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पीड़ादायक है कि सोन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सब्जी बेचने को विवश है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बेहतरी के सभी उपाय कर रही है ताकि वे सुविधाओं और अवसरों से आच्छादित हो सकें इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि तीरंदाज सोनू खातून का धनुष टूट जाने के कारण वह अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में असमर्थ थी तथा सब्जी बेचकर जीविकापार्जन के लिए संघर्षरत थी उन्होंने बताया कि जिला प्रषासन की ओर से तीरंदाजी खिलाड़ी को तत्काल सहायता के रूप में बीस हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया मौसम विभाग ने राज्यभर में अगले तीन दिनों तक बादल छाये रहने और मध्यम दर्जे की बारिष की संभावना जतायी है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेषक एसडी कोटाल ने बताया कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टर्फ लाइन बनी हुई है जिससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिष होने की संभावना है सात जून के बाद मौसम सामान्य रहेगा

उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है

गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया है